प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का जन जागरण अभियान जारी है इसके अन्तर्गत आज कानपुर और मेरठ में रैलियों का आयोजन किया गया मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री धर्म से इतर न्याय की बात करते हैं उन्होंने कहा कि हम राजनीति सरकार बनाने की नहीं बल्कि देश बनाने की करते हैं देश के मुसलमानों को कोई भी छू नहीं पायेगा इस कानून से देश के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं है उधर कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर न कहा कि कांग्रेस और विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और लोगों को इस कानून के प्रति भड़का रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून की विशेषताएं गिनाते हुए कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले हताश हो चुके हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के लिये एक से बढ़ कर एक कार्य किये हैं सीएए के समर्थन में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है श्री योगी ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में अधिकार है परन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचायेगा तो उसे बख्शा नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं बाइट जब पाकिस्तान कानून के नाम पर तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा कांग्रेस सपा वामपंथी दल एनजीओ कर रहे है मैं आप सबसे अपील करूंगा नागरिकता कान्न पर प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि सीएए का एनआरसी से एनपीआर से कोई संबंध नहीं है लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास यह नागरिकता कानून देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं है उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर अधिनियम पर रोक को मंजरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वह एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा

क्छ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है

ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों का प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा

लोग नमो एप ओपन फोरम और माई जीओवी फोरम पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरूआत की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को भी लागू करने का फैसला किया है कल कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों या उनके परिजनों की खेत में काम करने के दौरान हादसे के चलते विक्लांग होने या मत्यु होने की दशा में पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा पहली बार इस योजना में उन बटाईदारों को भी शामिल किया गया है जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं और उपज में उन्हें एक हिस्सा मिलता है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

चन्दौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र में कैलावर चौकी अन्तर्गत अमरीपुर नहर पर घने कोहरे के कारण एक कार नहर में पलट गई जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई सीतापुर में अटरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग चौबीस पर आज तड़के एक कार के ट्रक में पीछे से टकरा जाने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हा गया यह सभी लखनऊ से वापस लौट रहे थे उधर उन्नाव जनपद में बीती रात नानामऊ पुल पर घने कोहरे के कारण दो ट्रक आपस में टकरा गये जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया वहीं गौतमबुद्ध नगर में सेक्टर बीस में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया

गोण्डा जनपद में कोहरे के कारण बहराइच मार्ग पर खरबूपुर थाना अन्तर्गत ठंडवरिया गांव के पास दो ट्रकों सहित कई वाहन आपस में टकरा गये जिससे ट्रक चालक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये परिवहन विभाग प्रदेश के सौ बस अड्डों पर हवाई अड्डों की तर्ज पर शिशु स्तनपान केन्द्र बनाने जा रहा है ताकि महिलाएं सुरक्षित तरीके से और आश्वस्त होकर अपने शिशु को स्तनपान करा सकें प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विशेष बातचीत में कहा कि शुरूआत राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे से की जा चुकी है और जल्द ही प्रदेश के सौ बस अड्डों पर यह सुविधा हासिल होगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना का बढ़ाने का काम करती है उन्होंने नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हर स्कूल और कॉलेज में एनसीसी होनी चाहिए श्री सिंह ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की ऑपरेशन में भी एनसीसी कैडेट्स ने एक्सिस्ट किया है और वैसे भी बहुत सारे लोग सोशल अवेयरनेस पैदा करने में और कम्युनिटी डवलेपमेंट के कार्यक्रम इनमें भी एनसीसी के कैडेट्स बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रक्षा खरीद परिषद ने देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पांच हजार करोड़ से अधिक मूल्य के उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इन उपकरणों में सेना के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी शामिल हैं जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन किया है तथा भारतीय उद्योगों ने स्थानीय रूप से तैयार किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई